हरियाणा सरकार ने छात्राओं को सुरक्षित और सुविधाजनक बस सेवा उपलब्ध कराने का निर्णय लिया

को सफलतापूवर्क प्रक्षेपित किया

न्यू स्पेस इंडिया कंपनी के साथ वाणिज्यिक समझौते के तहत ये अंतर राष्ट्रीय उपग्रह प्रक्षेपित किए गये है

उन्होंने कहा कि देश के नागरिक के रूप में मुसलमानों को प्राप्त अधिकार उन्हें मिलते रहेंगे राज्यसभा में विधेयक पेश करते हये गृहमंत्री ने कहा कि यह गलफहमी फैलाई जा रही है यह कानून एक विशेष समुदाय के खिलाफ है जो सच नहीं है उन्होंने मुस्लिम समुदाय को कानून के बारे चिंता न करने का आशवासन दिया क्योंकि इसमें उनके खिलाफ क्छ भी नहीं है गृहमंत्री ने पूर्वोतर राज्यों की आशंकायें दूर करते हये कहा कि इससे उनके हितों पर कोई विपरीत असर नहीं पड़ेगा

गृहमंत्री ने कहा कि यह कानून पड़ोसी देशों पाकिस्तान अफगानिस्तान और बंगलादेश में धार्मिक उत्पीड़न का सामना कर रहे लोगों के जीवन में एक नई रौशनी लायेगा उन्होंने कहा कि भारत में कई दशकों से रह रहे ऐसे लोगों को सभी अधिकार और सुविधायें दी जायेगी

भारतीय दूर संचार विनियामक प्राधिकरण ट्राई ने इस सम्बध में सार्वजनिक नोटिस जारी किया है नये नियम के तहत एक ही सर्कल में एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में जाने में केवल तीन का समय लगेगा जबकि द्रसरे सर्कल में जाने के लिए पांच दिन का समय लग सकता है इससे पहले मोबाइल नंबर पोर्ट कराने में कई हफ्ते लग जाते थे ट्राई के अन्सार कोरपोरेट मोबाइल कनैक्शन के मामले में प्रानी व्यवस्था जारी रहेगा

श्रम और रोजगार मंत्री संतोष क्मार गंवबार ने सदन को बताया कि यह संहिता वर्तमान श्रम कानूनों की संख्या को कम करने के बारे में है उन्होंने कहा कि इसे बनाने से पहले व्यापक विचार विमर्श किया गया है मंत्री ने कहा कि इस संहिता से सामाजिक सुरक्षा के मौजूदा नियमों की जटिलतायें समाप्त होगी

अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस के नेता सौगत राय ने कहा कि किसी भी केन्द्रीय कर्मचारी संघ ने इस संहिता की मांग नहीं की है

मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने म्ख्यमंत्री के सुशासन सहयोगियों की बैठक की अध्यक्षता करते हए यह जानकारी दी बैठक में मुख्यमंत्री सुशासन सहयोगी कार्यक्रम के परियोजना निदेशक डॉ राकेश ग्रुप्ता भी उपस्थित थे मुख्यमंत्री ने पिछले दो वर्षो में सक्षम घोषणा पर किए गए कार्यों की सराहना की और डिजिटल हस्तक्षेप को प्रोत्साहित किया उन्होंने विज्ञान तथा अन्य संकायों में विद्यार्थियों के दाखिला अनुपात का पता लगाने के लिए सर्वेक्षण करवाने के भी निर्देश दिए ताकि विद्यार्थियों की रुचि का पता लगाया जा सके उन्होंने मुख्यमंत्री सक्षम छात्रवृति पहल के लिए अनुमोदन प्रक्रिया को तेज करने की हिदायत भी दी अंत्योदय सरल पर प्रगति की समीक्षा करते हुए उन्होंने समस्याओं का निदान करने और मांग एवं भूगौलिक स्थिति के आधार पर नए केंद्रों की सूची को अंतिम रूप देने के निर्देश दिए उन्होंने भ्रष्टाचार से निपटने के लिए अधिक कुशल प्रणालियां बनाने और सामाजिक ऑडिट पर कार्य करने तथा विभिन्न चैनलों एवं कॉल सेंटर पर नागरिकों द्वारा दी गई प्रतिक्रिया पर कार्य करने की हिदायत भी की

केन्द्र सरकार ने कहा है कि कर्मचारी चयन आयोग ने इस वर्ष और अगले वर्ष के दौरान लगभग एक लाख पदों को भरने के लिए चयन प्रक्रिया शुरू कर दी है लोकसभा में एक लिखित उत्तर में प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्यमंत्री डॉ जितेन्द्र सिंह ने कहा कि कर्मचारी चयन आयोग रेलवे मंत्रालय एवं डाक विभाग द्वारा चार लाख से अधिक पदों को भरने की प्रक्रिया जारी है हरियाणा के परिवहन मंत्री मूल चंद शर्मा ने कहा है कि राज्य सरकार ने छात्राओं को सुरक्षित और सुविधाजनक बस सेवा उपलब्ध करवाने का निर्णय लिया है परिवहन मंत्री आज करनाल में हरियाणा राज्य परिवहन के महाप्रबंधकों और मुख्यालय के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे बैठक के बाद परिवहन मंत्री ने बतायाकि राज्य परिवहन के सभी जिला प्रबंधकों को छात्राओं के लिए विशेष बसों का रूट निर्धारित करने के निर्देश दे दिये गये है उन्होंने कहा कि शीघ्र ही कर्मचारियों की कमी वाले जिलों मे कर्मचारी उपलब्ध करवाकर सभी बसों को विभिन्न रूटों पर चलाया जायेगा उन्होंने कहा कि इसकेलिए महाप्रबंधकों को जिलों में बसों की संख्या स्वीकृत पदों के विरूद्व रिक्तियों और वाल्वो व ए सी बसों के जानकारी देने को कहा गया है परिवहन मंत्री ने कहा कि प्रदेश भर में अवैध रूप से चलने वाली निजी बसों पर लगाम कसने और रूटों की समीक्षा करने के आदेश दिये है परिवहन मंत्री ने कहा कि रोडवेज में बसों की कमी पूरी करने के लिए जल्द ही नई बसें खरीदी जायेंगी उन्होंने कहा कि जिन बसों की समय समाप्त हो चुकी है इनकी पहचान कर इन्हें हटाया जायेगा

श्री रावत अपना पदभार ग्रहण करने के बाद मीडिया से बात कर रहे थे उन्होंने बताया कि हरियाणा मे गोदामों को लेकर योजनायें विभाग द्वारा जल्द शुरू की जायेगी

उन्होंने कहा कि कोई भी गड़बड़ी या कोई भी लापरवाही व कमी बर्दाशत नहीं की जायेगी श्री रावत ने खंडहर हो गये गोदामों को दोबारा से ठीक करके बनाने के भी निर्देश दिये हरियाणा के बिजली मंत्री चौधरी रंजीत सिंह चौटाला ने जाट समुदाय द्वारा पानीपत फिल्म प्रतिबंध लगाने की मांग का समर्थन किया है उन्होंने कहा कि राज्य सूरजमल एक महान योद्वा था और ऐसे योद्वाओं का अपमान करना उचित नहीं है उन्होंने फिल्म निर्माता के विरूद्व कार्रवाई की भी मांग उठाई बिजली मंत्री सिरसा का जाट धर्मशाला में अभिनंदन समारोह में शमिल होने पहंचे थे उन्होंने कहा कि जाटों ने हमेशा ही विदेश आक्रमणकारियों से मुकाबला किया है और ज्यादातर युद्व पानीपत में ही हुए उनमे जाटों की भूमिका अह्मम रही है उन्होंने कहा कि प्राने समय से लेकर अबतक जाट और हरियाणा के वीर सेना में रहकर देश की रक्षा कर रहे है इस मौके पर बिजली मंत्री ने कहा कि प्रदेश में बिजली सुधार का काम निरंतर जारी है

केन्द्र सरकार द्वारा नागरिकता विधेयक पारित करने के विरोध में आज भिवानी में मार्क्सवादी कम्यूनिस्ट पार्टी ने विरोध प्रदर्शन किया और राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन सौंपा

उन्होंने इस विधेयक के लागू होने से देश की एकता और अखंडता को खतरा होने की बात भी कही हरियाणा के एकीकृत परामर्श और परीक्षण यनि आईसीटी और एंटी रेट्रोवायरल उपचार यानि एआरटी केन्द्रों पर कैदियों की हेपेटाइटिस सी की तर्ज पर हेपेटाइटिस बी का भी जांच की जाएगी ताकि कैदियों को इस गंभीर बीमारी से बचाया जा सके यह निर्णय स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजीव अरोड़ा की अध्यक्षता में आयोजित राष्ट्रीय वायरल हेपेटाइटिस नियंत्रण कार्यक्रम की राज्य स्तरीय संचालन समिति तथा विभिन्न विभागों की राज्य स्तरीय निगरानी कमेटी की बैठक में लिया गया